उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर इस सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरती जाय उन्होंने नये स्वरूप के दृष्टिगत कोविड उपचार के सम्बन्ध में सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकभवन में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने वायरस के नये स्वरूप के सम्बन्ध मे प्रदेश में बिशेषज्ञता विकसित करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि विदेशों से आये लोगों की सूची बना कर टेस्टिंग करायी जाय टेस्टिंग का परिणाम आने तक ऐसे लोगों को नियमानुसार होम हाइसोलेशन में रखा जाए नए कृषि कानूनों के समर्थन में तीन लाख से अधिक किसानों ने एक ज्ञापन केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को साँपा

इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर देशभर के किसानों में जोश है उन्होंने कहा कि ये कृषि सुधार काफी समय से लवित थे श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ निश्चय के कारण ही आवश्यक सुधारों को जमीनी स्तर पर आकार दिया जा रहा है कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त करना सरकार का कर्तव्य है और भविष्य में ऐसा होता रहेगा कृषि मंत्री ने कहा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण कृषि सुधार हैं जिन्हें पिछले पांच वर्षो में शुरू किया गया है और कृषि क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों ने इन सुधारों की हमेशा से सिफारिश की है उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उर्देश्य किसानों की आय बढ़ाना उन्हें स्वतंत्र बाजार उपलब्ध कराना युवा पीढ़ी को कृषि की तरफ आकर्षित करना और देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बढ़ाना है प्रदेश सरकार राज्य के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी शुरूआत में यह अधिकारी मुंबई दिल्ली और कोलकाता में नियुक्त किए जाएंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए समर्पित ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुंबई में इस प्रकार के अविकारी की नियुक्ति के आदेश दिए हैं और बाद में दूसरे राज्यों में भी ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे यह अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासी मजदूरों के हित सुरक्षित रहे और अगर किसी मजदूर को कोई समस्या होती है तो यह अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उसका हल तलाशने में मदद करेंगे इस संबंध में एक रिपोर्ट भी सरकार को मैजी जाएगी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी प्रवासी मजदूरों को जानकारी देंगे ताकि वह इन योजनाओं का लाम ले सकें बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं और लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को घर लौटना पड़ा था सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में इस बार राज्य बोर्ड की परीक्षाएं कोरोना की स्थिति के कारण कम किए गये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी अब नौकीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं की परीक्षाएं कुल पाठ्यक्रम के सत्तर प्रतिशत के आधार पर ली जाएंगी देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और यह अब तक संक्रमित हुए क्ल मरीजों का सिर्फ दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत रह गई है देश में कोरोना के दो लाख तिरासी हजार मरीज हैं दैनिक संक्रमण की संख्या भी पच्चीस हजार से नीचे चली गई है कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर पंचानबे दशमलव सात पांच प्रतिशत हो गई है अब तक छानबे लाख तिरानबे हजार से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं मृत्यु दर भी कम होकर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से तीन सौ बारह लोगों की मृत्यु हो गई है देश में एक दिन में कोविड के दस लाख उन्तालिस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई इसके साथ ही अब तक सोलह करोड तिरपन लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और श्भकामनायें दी हैं आज लखनऊ से जारी शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पर्व जरूरतमंदों की मदद करने तथा मिलजुल कर खुशियां बांटने का संदेश देता है मुख्यमंत्री ने क्रिसमस के समस्त आयोजनों में कोविड नाइन्दीन के प्रोटोकाल के पूर्ण रूप से पालन करने की प्रदेशवासियों से अपील की हैं महोबा जिले में आज सवेरे एक ट्रक से टकराने से दो छात्रों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गये दुर्घटना उस समय हुई जब ये छात्र अपनी साइकिल पर कोचिंग सेंटर जा रहे थे घटनास्थल पर ही दो छात्रों की मौत हो गई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों से घायलों को हरसंभव सहायता देने को कहा है